वे वहां के मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी से मांग कर रहे है कि वे बिना शर्त माफी मांगे प्रदेश में भी रेजीडेंट डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कर रहे है

उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिये सभी कदम उठा रही है

सदस्य देशों के प्रमुखों ने आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की केड़ी निन्दा की है किर्गिज्स्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शिखर सम्मेलन में इन नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग मजबूत करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में दोहरे मानदंड भी नहीं अपनाये जाने चाहिए सम्मेलन में इस बारे में एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया

उन्होंने कहा कि सरकार इस अवधि को और घटाकर दो महीने करना चाहती है पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती देश के निर्यात को बढ़ाना है और उद्योगों को इसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा

यह गणना राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा की जाएगी उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना के लिए जिलों में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में आर्थिक गणना के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है बूंदी में अगले सप्ताह से पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे

श्री गहलोत बैठक में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में वर्षा के पानी का संचयसूखे की स्थिति और उससे निपटने के उपायों कृषि क्षेत्र की जरूरतों संस्थागत सुधारों और सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जायेगा बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्रीगण तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी भाग लेंगे

खाद्य विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नये कार्ड में वरिष्ठतम महिला का नाम मुखिया के तौर पर दर्ज किये जाने का प्रस्ताव है साथ ही इन्हें बायोमैट्रिक फ्रैंडली बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में परिवार की सभी मुख्य सूचनाओं को शामिल करने का प्रयास भी किया जायेगा

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जयपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से इस कार्यक्रम के लिये अपने विचार भेजने को कहा है श्रोता अपने विचार सरकार के पोर्टल माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते है

इस बार योग दिवस का विषय योग फॉर हार्ट केयर रखा गया है

साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर कम्बार की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में इन पुरस्कारों को मंजूरी दी गयी

मेले में बड़ी संख्या में नवविवाहित दम्पत्तियों और चोरी छ्पे प्रेमी युगलों का आगमन दिन भर रहा मेला कमेटी द्वारा अत्यधिक गर्मी को देखते हुए शीतल जल और छांव चिकित्सा की व्यवस्थाएं की गई